कल दो सौ तिरपन ताजे संक्रमण का पता चला इन ताजे पॉजिटिव मामलों में राजधानी ईटानगर एक सौ सोलह मामलों के साथ सबसे आगे है

पापुम पारे से तेरह लोअर सुबनसिरी से ग्यारह वहीं ईस्ट सियांग अपर सुबनसिरी नामसाई और कुरुंग कुमे से छह छह मामले अपर सियांग लोहित से पांच पांच मामले

इनमें अट्रारह मरीजों को छोड़ सभी एसिम्टोमेटिक है

इनमें राजधानी क्षेत्र ईटानगर से पैतीस चांगलांग से तीस और वेस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग से बीस बीस लोग थे राज्य में कुल दो हजार चौर सौ सत्ताईस कोरोना सक्रिय मामले है और चौदह की मृत्यु हो गई है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की विज्ञप्ति के अन्सार अब आयकर की सभी अपीलें ऑनलाइन निपटाई जाएंगी हालांकि बड़े टैक्स घोटाले कर चोरी गहन जांच के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपीलों पर प्राने तरीके से ही कार्रवाई की जाएगी फेसलेस अपील प्रणाली का उद्देश्य आयकर संग्रह की प्रकिया को स्चारू बनाना और करदाताओं की अपीलों के निस्तारण में भ्रष्टाचार और अन्चित तौर तरीकों पर रोक लगाना है

उन्होंने विधवा विवाह को प्रचलित करने और महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथ ही उन्होंने बाल विवाह की क्प्रथा को समाप्त करने पर भी काम किया ईश्वर चन्द विद्यासागर बंगाल प्र्नजागरण के नाम से प्रसिद्ध समाज सुधार आंदोलन का हिस्सा थे जिसे राजा राममोहन राय ने श्रू किया था बांग्ला साहित्य को सरल और आध्निक बनाने में भी उनके प्रयास सराहनीय थे उन्होंने बांग्ला लिपि और वर्णमाला को सरल बनाने के लिए भी काम किया जिसके लिए उन्हें आध्निक बांग्ला गद्य का जनक कहा जाता है उन्होंने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की और संस्कृत अध्ययन तथा दर्शन में शानदार उपलब्धि के लिए विदयासागर की उपाधि प्राप्त की

वहीं गुरुवार को मास्क नहीं पहनने वालों और सार्वजनिक में क्षेत्र में थूकने वाले एक सौ लोगों के खिलाफ चालान काटा गया

इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी को प्राप्त हो रहे अन्य बीमा के अतिरिक्त होगा

सरकार दवारा किसानों को समय पर बीज कीटनाशक उर्वरक मशीनरी और ऋण जैसी स्विधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बडे क्षेत्र में खरीफ फसलों की ब्आई संभव हो पाई है मंत्रालय ने कहा है कि इसका श्रेय किसानों को जाता है जिन्होंने समय पर कृषि गतिविधियां श्रू की टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया